पांचवे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर

तीन गिरफ्तार और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी

प्रदेश में पांचवें चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष के पास राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई रणनीति नहीं है उन्होंने कहा कि विपक्ष को सर्जिकल और हवाई हमलों को लेकर परहेज है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक की फैक्ट्रियां उनके निशाने पर हैं श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पिछले पांच वर्ष में केन्द्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी और प्रभावकारी कार्रवाई की है महागठबंधन को महामिलावट की संज्ञा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह केन्द्र में कमजोर सरकार बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि मनमानी की जा सके

वो अपने भ्रष्टाचार को अपने काले कारनामों को छिपाना चाहते हैं उनका लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से दिल्ली में एक कमजोर मजबूर सरकार बने ताकि वो मनमानी कर सकें श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अपराधियों को जेल भेजा जायेगा और काला धन बरामद किया जायेगा श्री मोदी ने लोगों से भाजपा प्रत्याशी अजय निषाद और लोजपा की वीणा देवी को समर्थन और वोट देने की अपील की जदयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के विकास कार्यो की प्रशंसा करते हुए आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने पिछले पांच साल में विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की है जिससे पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है सभा में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कई केन्द्रीय मंत्री समेत एनडीए के सांसद विधायक और अन्य लोग मौजूद थे पांचवें से सातवें चरण के चूनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के प्रमुख नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता वंशवाद को बढ़ावा देने वाले नेताओं को कभी मंजूर नहीं करेगी उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल के दौरान एनडीए के कार्यकाल में विकास के मामले में देश की बुनियाद मजबूत हुई है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिवहर के किसान मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव देश संविधान और आरक्षण बचाने के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष है श्री यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी फैसल अली के पक्ष में अपील करते हुए कहा कि देश और प्रदेश की गंगा जमुनी संस्कृति को बनाये रखने की जरूरत है उन्होंने एनडीए पर आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन देश की एकता और भाईचारे को तोड़ना चाहता है सभा में राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे राजद नेता अजित झा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने सीतामढी संसदीय क्षेत्र के बथनाहा और बाजपट्टी प्रखंड में महागठबंधन से राजद प्रत्याशी अर्जुन राय के समर्थन में चूनावी सभा को संबोधित किया श्री क्शवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वंचित तबके की हकमारी का आरोप लगाया भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सीतामढ़ी के भूतही हाई स्कूल मैदान में जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार पिन्टू के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र में भाजपा की सरकार बनती है तो किसानों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराकर सिंचाई की सुविधा दी जायेगी इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रामकृपाल यादव आरकेसिंह और अश्विनी कुमार चौबे ने अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया लोकसभा चूनाव के सातवें चरण के लिए आठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है जांच के दौरान जहानाबाद से सोलह और आरा से तेरह नामांकन रद्द कर दिये गये वहीं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से सात और नालंदा से एक प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया गया बक्सर में सभी सोलह प्रत्याशियों के पर्चे सही पाये गये अन्य क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की जांच जारी है नालंदा में पैंतीस पाटलिपुत्र में छब्बीस आरा में ग्यारह और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में तेरह प्रत्याशियों के पर्चे सही पाये गये हैं अन्य तीन संसदीय क्षेत्रों पटना साहिब सासाराम और काराकाट में नामांकन पत्रों की स्क्रुटनी जारी है इस चरण में दो सौ सताईस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था दो मई तक नाम वापस लिये जा सकते हैं डिहरी विधानसभा उपच्रनाव के लिए भी नामांकन पत्रों की जांच चल रही है दरभंगा के जदयू नेता और हायाघाट के विधायक अमर नाथ गामी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है श्री गामी पार्टी नेतृत्व में नाराज चल रहे थे प्रदेश में चौथे चरण में कल संपन्न हुए मतदान में पांच संसदीय क्षेत्रों में से बेगूसराय और दरभंगा में महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत में पुरूषों के मुकाबले भारी बढ़ोतरी दर्ज की गयी है चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक दस प्रतिशत का अंतर बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रहा

अंठावन प्रतिशत पुरूषों के मुकाबले सड़सठ प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया दरभंगा में भी तिरेपन प्रतिशत पुरूषों के मुकाबले महिलाओं का प्रतिशत तिरेसठ प्रतिशत से अधिक रहा

मुख्य मुकाबला एनडीए से भाजपा के प्रत्याशी अजय निषाद और महागठबंधन के विकास शील इंसान पार्टी के प्रत्याशी राजभूषण चौधरी के बीच माना जा रहा है पिछले संसदीय चुनाव का इतिहास देखें तो सोलह बार के चुनाव में से चार बार केप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद और जार्ज फर्नान्डिस पांच बार जीतकर संसद में पहुंचे दोनों दिग्गज नेताओं का निधन हो चुका है कैप्टन निषाद की विरासत संभाल रहे अजय निषाद लगातार दूसरी बार लोक सभा के सदस्य बनने के लिए चुनावी मैदान में हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्परपुर से कौशल किशोर कौशिक मुजफ्फरपुर जिले में साहेबगंज थाना क्षेत्र के खेमकरना गांव में आज पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शंकर झा ने बताया कि खेमकरना गांव के एक ईंट भठ्ठे पर कुछ नक्सलियों के देखे जाने की सूचना मिली थी इस सूचना के आधार पर कार्रवाई की गयी सूरक्षा बलों ने तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है हमारे संवाददाता ने बताया कि मारे गये नक्सली रमेश पासवान की पचास से अधिक मामलों में पुलिस को तलाश थी पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण लू जैसे हालात बने हुये हैं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान चौवालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पटना और भागलपुर में अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया औरंगाबाद और डेहरी में पारा इकतालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान फोनी का असर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिख सकता है इस दौरान पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं ब्रंदाबांदी भी हो सकती है लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र के महरथ मध्य विधालय में आज मध्याहन भोजन खाने से पच्चीस छात्र बीमार हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्कूल में मिड डे मिल योजना के तहत मिला भोजन करने के बाद पच्चीस छात्रों की तबीयत खराब हो गयी कुछ छात्र छात्राओं को उलटियां भी हो रही थी

बाद में इलाज के बाद अधिकतर बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी इस संबंध में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिये हैं खगड़िया जिले के संसारपूर मैदान में चल रहे रणधीर वर्मा अंडर नाईंटिन अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में खगड़िया की टीम ने बांका को छह विकेट से हरा दिया

पांचवे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर

तीन गिरफ्तार और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी